वहीं शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा सभी विधायक हमारे साथ

फडणवीस महाराष्ट्र में एक महीने से चला आ रहा राजनीतिक गतिरोध आज समाप्त हो गया भारतीय जनता पार्टी के देवेन्द्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दोनों नेताओं को मुम्बई में राजभवन में एक सादे समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत से काम करेगी वहीं शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन के जरिए एकजुटता दिखाई राकांपा के प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि पार्टी के सभी विधायक हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने महाराष्ट्र के घटनाकम को राज्य के इतिहास में एक काला धब्बा करार दिया है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनायेंगे

नौकरी आरक्षण प्रदेश में खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरी में पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा यह एलान आज ग्वालियर में राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने प्रांतीय ओलंपिक खेलों का शुभारंभ करते हुए किया उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक हासिल करने के बाद भी खिलाड़ियों को नौकरी से वंचित रहना पड़ता है उन्होंने आगे कहा मुख्यमंत्री की मंशानुसार नई खेल नीति में यह व्यवस्था की जा रही है कि शासकीय नौकरी में खिलाड़ियों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके

दीक्षान्त समारोह की खासियत यह रहेगी कि इस बार उपाधि पाने वाले छात्र बुन्देलखण्डी पहनावे में नजर आयेंगे

इस अवसर पर अनेक कार्यकम होंगे शोभायात्रा निकाली जायेगी जो डाक्टर गौर की जन्मस्थली से होती हुई विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेगी कार्यशाला नरसिंहपुर में आज पीआईबी भोपाल ने वार्तालाप नाम से एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि मीडिया को एकतरफा सोच से बचते हुए देश व समाज को सही दिशा दिखाने में योगदान देना चाहिये पीआईबी के अपर महानिदेशक ने प्रशान्त पाठराबे ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यशाला का मकसद पत्रकारों को केन्द्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के साथ उन्हें योजनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना है उन्होंने पीआईबी की कार्यप्रणाली से भी पत्रकारों को अवगत कराया इस कार्यशाला को अपर कलेक्टर मनोज ठाक्र जिला पंचायत के सीईओ कमलेश क्मार भार्गव और जेल अधीक्षक शैफाली तिवारी ने संबोधित किया

मेला का शुभारंभ करने के साथ केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने चैतन्य विहार में गौतम ब्रद्ध के शिष्य महामोदग्लयान और सारिपूत्र की अस्थियों की पूजा अर्चना की इस अवसर पर श्री पटेल ने श्रीलंका की सेली भाषा मे लगाए गये बोर्ड पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यहां ज्यादा संख्या में वियतनाम के पर्यटक भी आते है इसलिए इस भाषा मे भी बोर्ड लगाये जायेगे इस अवसर पर शालेय शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभूराम चौधरी भी मौजूद थे उर्वरक अभियान राज्य में नकली खाद बीज और कीटनाशकों के निर्माण और बिकी पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग का शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है बीते आठ दिनों में चार हजार नौ सौ सतासी विकय और निर्माणस्थलों का निरीक्षण किया गया जहा से तीन हजार छह सौ अठहत्तर नमूने लिये गये और चार सौ उन्तीस मामलों में कार्यवाही की गई

भारत ने पहला टेस्ट मैच भी एक पारी से जीता था संक्षिप्त समाचार शहडोल जिले के क्षीरसागर के आसपास बाघ के नजर आने पर वन विभाग का अमला सतर्क हो गया है और उसने लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है पिछले क्छ दिनों में जंगली जानवर के हमले से दो लोगों की जान जा चुकी है